ग्लोबल स्किल्स पार्क के लिये समिति का गठन और पंजीयन को दी मंत्रीपरिषद ने मंजूरी

पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई हैं जिनका लाभ आम आदमी को मिल रहा है श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकला है और अब विकसित प्रदेश के रूप में प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार में यहां के विधायक मंत्री रहे लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया इसी तरह क्षेत्र के कांग्रेस सांसद केंद्र में उद्योग मंत्री रहे लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास की कभी कोई सुध नहीं ली भाजपा सरकार की इस लघु एवं वृहद सिंचाई परियोजना से कई गांवों को सुविधा मिलेगी कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों को लाभ वितरित किये

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संपन्न हुई

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने प्याज और लहसुन की फसल के लिये उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है वही सागर जिले की तहसील खुरई में कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है सागर जिले की रहली तहसील में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के निर्णय को भी मंत्रि परिषद ने अनुमोदित किया

थेलीसीमिया शहडोल जिले में थेलीसीमिया और सिकलसेल पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है इनमें से अधिकांश बच्चे हैं

बेहतर ईलाज के अभाव में पीड़ितों को रायपुर और जबलपुर के अस्पतालों में जाना पड़ता है जिला अस्पताल की डॉक्टर सुधा नामदेव ने बताया कि थैलीसीमिया और सिकलसेल पीड़ितों के ईलाज के लिये कार्ययोजना तैयार की गई है फिलहाल जिला अस्पताल के आईसीयू में मरीजों को भर्ती कर ईलाज किया जा रहा है अस्पताल में संसाधन और सुविधायें बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं

प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई हमारे उज्जैन संवाददाता ने बताया है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती में हजारों की संख्यां में श्रद्वालुओं ने हिस्सा लिया आज बाबा महाकाल ने शहर वासियों का हाल चाल जानने के लिए नगर भ्रमण किया खण्डवा जिले के तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर की सवारी निकाली गई उधर बड़वानी जिले के प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर में पूरे सावन महिने में भक्तों की भीड़ लगी रहती है वहीं भोपाल के पास भोजपुर में प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे आगर मालवा जिले के शिवालयों में भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की डिंडौरी में भी सुबह से भगवान शिव की पूजा अर्चना का दौर जारी रहा इधर सतना जिले में सभी शिवालयो को सजाया गया है मंदिरों के चारों और मेले जैसा माहौल देखा जा रहा है

कांग्रेस प्रदर्शन इंदौर में आज खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया विरोध में उतरे सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने इंदौर के रिंग रोड मूसाखेड़ी से शिवाजी वाटिका तक निगम व्यवस्था की सांकेतिक शवयात्रा निकाली विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने आरोप लगाया कि भूमि पूजन के बाद सड़को को खोद कर छोड़ दिया गया अधूरे काम की वजह से सड़कों पर नितदिन दुर्घटना हो रही हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुनवाई न होने पर भविष्य में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है शरद यादव लोक क्रांति अभियान द्वारा वैकल्पिक राजनीति और विकास को लेकर चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के तहत दो अगस्त को भोपाल में एक राज्य स्तरीय के एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव संबोधित करेंगे लोक क्रांति अभियान के प्रदेश संयोजक गोविंद यादव ने आज भोपाल में पत्रकारों से बताया कि कार्यक्रम राजधानी के गांधी भवन में आयोजित होगा जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव उपस्थित रहेंगे मौसम प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश का दौर थम गया है

वहीं भोपाल में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया है जिले में बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं वर्षा जल की कमी के कारण धान की रोपाई नहीं हो पा रही है

कलेक्टर ने अधिकारियों को मेले की तैयारिया करने के निर्देश दिये

बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई